अब तक एक लाख पन्द्रह हजार से अधिक लोग ठीक हुये

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर सर्वोच्च खेल पुरस्कार प्रदान किये प्रदेश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगभग एक लाख तैंतीस हजार हो गया है स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में दो हजार सत्तासी नये मामले सामने आये हैं सबसे अधिक पटना जिले से तीन सौ पन्द्रह मामलों की पुष्टि हुई है वहीं मधुबनी से एक सौ बारह गोपालगंज और अररिया से एक सौ चार एक सौ चार मुजफ्फरपुर से अंठानवे पश्चिम चंपारण से इक्यासी और समस्तीपुर से अस्सी नये मामलों की पुष्टि हुई है इधर राज्य में कोविड उन्नीस से ठीक होने वालों की दर बढ़कर छियासी दशमलव पांच छह प्रतिशत हो गयी है अब तक एक लाख पन्द्रह हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुये हैं सत्रह हजार एक सौ इक्यासी लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है इस महामारी से राज्य में अब तक छह सौ उनासी लोगों की मृत्यु हुई है इधर शेखपुरा जिला के शेखोपुरसराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार कोरोना से संक्रमित हो गये है इसके बाद स्वास्थ्य केन्द्र को बंद कर दिया गया है और सभी कर्मियों की कोरोना जांच करायी जा रही है पीएचसी को सेनेटाइज कराया जा रहा है देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छिहत्तर दशमलव चार सात प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे में पैंसठ हजार पचास रोगी ठीक हए देश में अब तक लगभग छब्बीस लाख उनचास हजार रोगी ठीक हो गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि देश में कुल इक्कीस दशमलव सात दो प्रतिशत संक्रमण के सक्रिय मामले हैं वहीं मृत्यु दर भी तेजी से घटकर एक दशमलव आठ एक प्रतिशत पर आ गई है मृतकों की संख्या बासठ हजार पांच सौ पचास हो गई नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने आज बताया कि केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह का स्वास्थ्य अब ठीक हो गया है और जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी श्री शाह को कोविड संक्रमण से ठीक होने के बाद की देखभाल के लिए अठारह अगस्त को एम्स में भर्ती किया गया था भारतीय जन स्वास्थ्य फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड संक्रमण के मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से काफी बेहतर स्थिति में है और सरकार के उपायों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं बाईट अब तक जो नतीजे निकले है उससे पता चलता है कि यह वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारी हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है कोविड उन्नीस महामारी की वजह से कारोबारियों और आम लोगों को बैंक ऋणों की अदायगी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी मोहलत को इकतीस अगस्त से आगे बढ़ाये जाने की कोई संभावना नहीं है रिजर्व बैंक ने पहली मार्च दो हजार बीस से छह महीने के लिए कर्ज के भूगतान में मोहलत देने की घोषणा की थी ताकि जिन कारोबारियों और ग्राहकों ने बैंकों से उधार लिया है उन्हें कोविड उन्नीस की वजह से आ रही समस्याओं से निबटने में मदद मिल सके रिजर्व बैंक के गवर्नर ने हाल में कहा है कि ऋणों की अदायगी के लिए दी गयी मोहलत अस्थायी उपाय है और महामारी की वजह से जो लोग ऋण चुकता करने में परेशानियों का सामना कर रहे हैं उन्हें इसके समाधान के लिए घोषित किये जाने वाले उपायों से राहत मिल सकती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की अड़सठवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम और न्यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर भी सुना जा सकता है इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज प्रदेश के लिए बीएसएनएल की पूर्णतया वायरलेस सेवा भारत एयर फाईबर का उद्घाटन किया इससे ग्रामीण क्षेत्रों में तेज गति की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्राप्त होगी श्री प्रसाद ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पटना में बिहार विधानमंडल के लिए नवीनतम तकनीक वाले टेलीफोन एक्सचेंज का भी शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि अगले छह महीनों में बिहार में पचास और भारत एयर फाईबर की शुरूआत होगी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है बाढ़ का पानी घटने के साथ ही ऊंचे स्थान पर शरण लेने वाले लोग अब अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं वहीं कई इलाकों में अब भी भारी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जान माल की क्षति को लेकर आकलन कराया जा रहा है प्रदेश में सोलह जिलों में तिरासी लाख बासठ हजार से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुये हैं वहीं बाढ़ पीड़ितों को छह छह हजार रूपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है अब तक तेरह लाख बाईस हजार से अधिक प्रभावित लोगों को मदद पहुंचायी गयी है बेगूसराय से सांसद और केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज भगवानपूर प्रखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया श्री सिंह ने जोकिया पंचायत में प्रभावित लोगों से बातचीत की और उन्हें हर सम्भव मदद का आश्वासन दिया प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता सामान्य बनी हुई है इसके प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है मौसम वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि मॉनसून की अक्षीय रेखा झारखंड से होकर गुजर रही है जिससे अगले चौबीस घंटों के दौरान बिहार के पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश की सम्भावना है

गंगा और प्रनपून नदी को छोड़कर प्रदेश की अधिकांश प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी देखी जा रही है कई स्थानों पर नदियों का जलस्तर लगातार स्थिर बना हुआ है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर और पटना के दीघा घाट में तेजी से बढ़ रहा है वहीं पुनपुन नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालपुर में अब भी खतरे के निशान से अस्सी सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है इधर महानंदा और परमान नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गयी है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनायी जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्ष दो हजार बीस के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार द्रोणाचार्य प्रस्कार ध्यानचंद प्रस्कार सहित अन्य सर्वोच्च खेल प्रस्कार प्रदान किये श्री कोविंद ने इस अवसर पर कहा कि खेलों में उत्कृष्टता और उपलब्धियां हासिल करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र के लोगों की भागीदारी से खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सकता है राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि अब खेल और फिटनेस युवाओं की सोच और दिनचर्या का हिस्सा बन गये हैं उन्होंने कहा कि खेलों के प्रति माता पिता अभिभावकों और शिक्षकों का रवैया भी बदल रहा है श्री कोविंद ने विश्वास व्यक्त किया कि सबके सामूहिक प्रयासों से भारत खेलों के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरेगा बाईट मुझे विश्वास है कि सबकी भागीदारी के बल पर किए गए सामूहिक प्रयासों से भारत एक खेल महाशक्ति के रूप में उमरेगा

हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे राष्ट्रपति ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यान चंद को श्रद्धांजलि अर्पित की बाईट मेजर ध्यान चंद खिलाड़ियों के साथ साथ अन्य सभी देशवासियों के लिए भी एक आदर्श हैं साधारण परिवेश तथा सुविधाओं के बीच उन्होंने अपनी निष्ठा व कौशल से हॉकी के मैदान में असाधारण उपलब्धियां हासिल की अपनी सफलताओं से उन्होंने विश्व समुदाय में भारत का गौरव बढ़ाया राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार की सात में से चार श्रेणियों में प्रस्कार की राशि बढ़ा दी गई है खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि साढ़े सात लाख रूपये से बढ़ाकर पच्चीस लाख रूपये कर दी गई है अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य आजीवन पुरस्कार की राशि भी पांच पांच लाख रूपये से बढ़ाकर पन्द्रह पन्द्रह लाख रूपये कर दी गई है द्रोणाचार्य नियमित और ध्यानचंद पुरस्कार की राशि भी पांच पांच लाख रूपये से बढ़ाकर दस दस लाख रूपये कर दी गई है इधर राज्य में भी कोरोना संक्रमण को देखते हुये खेल दिवस पर वर्चुअल समारोह का आयोजन किया गया जिसमें उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी खेल और युवा मामलों के मंत्री प्रमोद कुमार सहित कई अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग शामिल हुये इस बार कोविड के चलते खिलाड़ियों को सम्मानित नहीं किया गया सम्मान समारोह दिसंबर महीने में आयोजित होगा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गयी है भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने आज नई दिल्ली में बिहार से पार्टी के सभी सांसदों के साथ चुनावी रणनीति को लेकर बैठक की बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि हर सांसद को अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जन सम्पर्क अभियान चलाने को कहा गया है इसके अलावा लोकसभा क्षेत्र अन्तर्गत मंडल के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक करने के निर्देश दिये गये हैं इधर एनडीए के घटक दल लोजपा की भी चुनावी रणनीति को लेकर बैठक हुई पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने वर्च्रअल माध्यम से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के एक सौ उन्नीस संभावित प्रत्याशियों के साथ चर्चा की भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी सुनील कुमार आज जदयू में शामिल हो गये वे इससे पहले बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक रह चुके हैं वरिष्ठ कांग्रेस विधायक रामदेव राय का आज पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया इक्यासी वर्षीय रामदेव राय पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे वे बेगूसराय जिले के बछवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुये थे सबसे पहले उन्नीस सौ चौरासी में समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्प्री ठाक्र को हरा कर वे चर्चा में आये थे उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने गहरी संवेदना जतायी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली मैट्रिक परीक्षा के लिये पंजीकरण की राशि जमा करने की अंतिम तिथि तीन सितंबर तक बढ़ा दी है दानापुर रेल मंडल अन्तर्गत इक्कीस किलोमीटर लम्बे इस्लामपुर नटेसर रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन की अनुमति मिल गयी है इस रेल लाईन को पटना गया रेललाईन के विकल्प के तौर पर विकसित किया गया है और यह फतुहा और दनियावां के औद्योगिक क्षेत्र को सीधे ग्रैंड कोर्ड लाईन से भी जोड़ता है रेल संरक्षा आयुक्त ने सुरक्षा मानकों को पूरा करते हुये नब्बे किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से ट्रेनों के परिचालन की अनुमति दे दी है यह राजगीर हिसुआ तिलैया नई रेल लाईन का हिस्सा है उन्नीस साल पहले इस रेलखंड को अनुमति दी गयी थी भागलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में लॉकडाउन का उल्लंघन कर एक धार्मिक स्थल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे कुछ लोगों की पुलिस के साथ आज झड़प हो गयी इस दौरान असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया जिसमें छह प्रलिस कर्मी घायल हो गये घटना के बाद क्षेत्र में रैपिड एक्शन फोर्स और जिला पुलिस बल को तैनात किया गया है वहीं जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है

अब तक एक लाख पन्द्रह हजार से अधिक लोग ठीक हुये

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर सर्वोच्च खेल पुरस्कार प्रदान किये